प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की है

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लागू करने जैसे सामयिक फैसलों और अन्य कदमों से देश में कई लोगों की जान बचाई जा सकी

उन्होंने कन्टेनमेंट जोन्स पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे स्वास्थ्य सम्बंधित दिशानिर्देशों का पालन करें प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है उन्होंने कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए किसानों और ईमानदार कर दाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि देश लॉकडाउन खत्म होने के दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा है और इन्ही दिनों खांसी जुखाम और बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप भी फैल रहा है

नए दिशा निर्देश पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्व तरीके से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है

गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है

जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा

पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र के छात्रों में विज्ञान विषय को लेकर विशेष रूचि जगाने के लिये प्रशासन ने सरकारी विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को हाईटेक करने की पहल शुरू की है जिले के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने डीएमएफटी फंड से सरकारी विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को हाईटेक कर विज्ञान के प्रति आदिवासी बच्चों की रुचि बढ़ाने की दिषा में कदम उठाया है

इस कारण भी ब्लड की कमी हमेशा रहती है इन लोगों को भी ब्लड की कमी ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है ब्रिटिष शासन के खिलाफ संथाल जननायकों के विद्रोह के प्रतीक हुल दिवस की एक सौ छियासठवीं वर्षगांठ पर आज साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हये राज्य सरकार ने हल दिवस को सादगी से मनाने का निर्णय लिया था राज्यपाल द्रोपदी मुर्म मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित राज्य के मंत्रियों ने राज्यवासियों को हूल दिवस की बधाई दी

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि षहीद सिद्ध कान्हू ने अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ महाजनी प्रथा के खिलाफ शोषण से मुक्ति सुदखोरी से संघर्ष जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हूल आंदोलन किया था

भारत और चीन के बीच वार्ताओं का तीसरा दौर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत की चुशूल सीमा चौकी पर जारी है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत और चीन के कमांडर स्तर के सैन्य अधिकारी पूर्वी लद्दाख में सीमा के मसले पर तनाव कम करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं